प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के छह राज्यों के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह योजना कमजोर पिछड़े आदिवासी और दलितों के लिए है जिसके तहत कोई संपत्ति पर गलत नजर नहीं डाल सकेगा श्री मोदी ने कहा कि यह मौका है उनके गर्व करने का जिसमें उन्हें उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दस्तावेजों के साथ दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन है जो आत्म निर्भर अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम है यह ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास है उन्होंने कहा कि अगले तीन चार वर्षो में यह योजना देश भर में चलाने का प्रयास किया जाएगा

इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत भाषण देते हुए योजना के उददेश्यों पर प्रकाश डाला मौके पर इससे संबंधित लघु फिल्म भी दिखाई गई गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट के दो महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी नये परामर्श में यौन अपराधों के मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा है ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफ आईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए मंत्रालय ने कहा कि पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र से बाहर संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर भी कानून पुलिस को एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध भी ऐसे संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की भी सलाह दी है रविवार संवाद की पांचवीं कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल न बरतें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने आज कांग्रेस की श्रंखला धरोहर की सत्रहवीं वीडियो सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर जारी किया इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में काला धन लाने की शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत ने की थी और वर्तमान दौर में भी ब्रिटिश हुकूमत जैसे काले कानूनों से देश जूझ रहा है मौके पर कांग्रेस नेता और राज्य सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भी विचार व्यक्त किये

भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सहित छत्तीसगढ़ गुजरात मणिपुर और ओड़ीसा में होने वाले आगामी विधानसभा उपचनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है झारखण्ड की दुमका विधानसभा सीट पर डॉक्टर लुईस मरांडी और बेरमो सीट पर योगेश्वर महतो को टिकट दी गई है उम्मीदवारों का चयन भारतीय जनता पार्टी की कल हुई केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में किया गया है

जयप्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केन्द्रीय मंत्री शामिल थे कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल को जारी रखने का अनुमोदन किया है

राज्य के लोगों में कोरोना संकमण से बचाव के प्रति दिनोंदिन जागरूकता बढ़ रही है इसके कारण कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तंत्रिका विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर पदमा श्रीवास्तव ने कहा कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो मास्क पहनना स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखना इस वक्त की जरूरत है

गोडडा जिले में किसानों को कृषि उत्पादन बढाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं सरकार चाहती है कि स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करके किसानों की आय में वृद्धि हो

अपराधियों ने बारूपीढ़ी निवासी संजय पूर्ति की बरलंगा के समीप हत्या कर दी अपराधियों ने घटना को देर रात अंजाम दिया है मामले की सूचना पर पहंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया मृतक पश् व्यवसाय का काम करता था पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है जैसा कि आपको मालूम है कि खूंटी जिले में चार अक्टूबर को सायको थानाक्षेत्र में ही ओतोंगओड़ा गांव के ग्रामप्रधान की भी हत्या कर दी गयी थी पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रामगढ के जिला समाज कल्याण कार्यालय की ओर से मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया सूचना भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य क्मार आनंद ने जिलों में मैट्रिक और इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया मैट्रिक की तीन जिला टॉपरों को पांच पांच हजार नकद और प्रशस्ति पत्र दिया गया वहीं इंटर में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में जिला टॉपर रहीं तीन तीन छात्राओं को तीन तीन हजार नकद और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया मौके पर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी का आज रामगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं राज्य भर में आज सम्पूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश की जयंती मनायी जा रही है जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में जमशेदपुर के मानगो भुईयाडीह बस स्टैंड के पास स्थित जयप्रकाश नारायण सेतु के समक्ष स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर आज विभिन्न राजनीतिक पार्टी स्वयंसेवी संस्थान और आम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जयंती पर पृष्पांजलि अर्पित की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ग्रंजन यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे उन्होंने देश के ॅसभी युवाओं को संगठित कर देश में संपूर्ण क्रांतिं लाई थी मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आरके मल्लिक भाजपा के कोल्हान प्रवक्ता अनिल मोदी सहित अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किये हजारीबाग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोगों ने श्रद्धांजलि दी उन्नीस सौ चौहत्तर आंदोलन में उनके सहयोगी रहे लोगों ने उन्हें याद किया इसके साथ ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण कारागार पहंचकर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी इसके अलावा राजधानी सहित अन्य जिलों में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद किया गया